उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पिछले वित्त वर्ष के गन्ना मौसम के लिए साढ़े पांच रुपये प्रति क्विंटल की सहायता देगी यह सहायता चीनी मिलों की ओर से सीघे किसानों को मिलेगी और उचित तथा परिश्रम आधारित मूल्य के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में समायोजित की जाएगी

बोर्ड ने बताया कि गाड़ियों के परिचालन में सबसे ज्यादा देरी पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों में दर्ज की गयी है अन्य मार्गों पर स्थिति नियंत्रण में है रेलवे ने कहा कि लंबित अनुरक्षण का कार्य पूरा होने पर गाड़ियों की गति बढ़ेगी और समयबद्वता भी ठीक हो जाएगी

न्यायालय ने कहा कि रेलवे यात्री की लापरवाही बताकर ऐसे दावों को मानने से इंकार नहीं कर सकता केन्द्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि टिकट नहीं होने की स्थिति में मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता लेकिन दावेदार को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपने दावे को सिद्ध करना होगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरिमन ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ित व्यक्ति को लापरवाही के नाम पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता

अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स ने भारत के श्रेष्ठ नव प्रवर्तक विद्यार्थियों की पहचान के लिए इस मैराथन का आयोजन किया था

इससे निगम को राजस्व प्राप्त होने के साथ ही उपभोक्ताओं की कनेक्शन से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान भी हो पायेगा

ये शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी

ये दौड़ स्थानीय पटेल मैदान से शुरू होगी और वापस आकर यहीं पर समाप्त होगी दौड़ में अलग अलग वर्ग के लिए व्यवस्था की गई है